केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के लिए पांच सौ बहतर करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है इस राशि से चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के लगभग बारह लाख घरों में पाइपलाइन के जरिए पेयजलापूर्ति की जाएगी केंद्र ने राज्य सरकार को कहा है कि इस योजना के तहत उन्नीस आकांक्षी जिलों तथा दलित आदिवासी बस्तियों के अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आनेवाले गांवों में पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाने को प्राथमिकता दी जाए गौरतलब है कि राज्य में वर्ष दो हजार चौबीस तक शत प्रतिशत घरों में नल से पेयजलापूर्ति किया जाना है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि मॉनसून के अनुरुप मनरेगा की योजनाएं बनाकर मजदूरों को रोजगार से जोड़ा जाएगा इसमें तालाब छोटे जलाशय और चेक डैम निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी

मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों से मनरेगा के तहत मानव दिवस सुजन नीलांबर पीताम्बर जल समुद्धि योजना बिरसा हरित ग्राम योजना वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के अलावा भोजन और राशन वितरण व्यवस्था तथा कोरोना संक्रमण की जांच से संबंधित जानकारी ली मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा की योजनाओं में मशीनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बीस हजार एकड़ जमीन में फलदार पौधे लगाना सुनिश्चित किया जाए इसमें महिलाओं के समृह को पांच एकड़ में फलदार पौधा के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए बच्चों के टीकाकरण अभियान का भी संचालन नियमित रुप से जारी रहना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों को पंद्रह दिनों के अंदर उनके घर पहुंचाने का समय केंद्र और राज्य सरकारों को दिया है न्यायधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवासी कामगारों के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का सिलसिला अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकता है अदालत ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि सभी प्रवासी मजदूरो का पंजीकरण अनिवार्य रुप से किया जाए इस सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया अब नौ जून को अदालत इस मामले में निर्देश जारी करेगी सिमडेगा जिले में भी अब कोरोना संक्रमण की जांच होगी इसके लिए कोविड अस्पताल में ट्रनेट मषीन लगाई गई है

इसके लिए निकटतम थानों से ही इजाजत दी जाएगी इसके लिए शादी समारोह से जुडे पक्ष को स्वघोषणा पत्र भी देना होगा जिसमें सरकार द्वारा लॉकडाउन में शादी समारोह के लिए दिए गए गाइडलाइन को मानना होगा रांची के अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि विवाह समारोह में पचास से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रुप से पालन करना होगा इसके अलावा सभी को मास्क व फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा तथा आयोजनस्थल में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्यारह जिलों से रिकॉर्ड तिरान्बे कोरोना पॉजिटव मरीज मिले हैं इस दौरान एक संक्रमित की मौत हो गई जबकि उपचार के बाद बीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं नए मरीजों में सिमडेगा से तीस हजारीबाग से चौबीस जमशेदपुर से पंद्रह रामगढ से सात गढवा से छह लातेहार से छह और कोडरमा गुमला धनबाद रांची और पलामू से एक एक व्यक्ति शामिल है इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर नौ सौ छत्तीस हो चुकी है जबकि सात लोगों की मौत और चार सौ दस संक्रमित मरीज को उपचार के बाद कोविड अर्थपतालों से छट्टी दे दी गई राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट चौवालीस दशमलव चार छह प्रतिशत है जबकि मौत की दर मात्र दशमलव सात पांच प्रतिशत है राज्य में जांच के लिए लिए अबतक लिए गए तिरान्बे हजार तीन सौ सतहतर सैंपलों में से उनासी हजार एक सौ पचीस की निगेटिव रिपोर्ट आई है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 राज्य में दस जुन के बाद सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्राकृतिक आपदा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं पुलिस मुख्यालय में कानून एवं व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक मुरारीलाल मीणा ने बताया कि जरूरत पड़र्न पर धारा एक सौ चौवालीस के तहत निषेधाज्ञा की भी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि पुलिस पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे लोगों को मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरुकता अभियान चलाएं इसके लिए प्रचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाए ताकि कोरोना संक्रमण को लेकर लोग सतर्क रहें पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत ठेले और खोमचेवालों को दस हजार रुपए का लोन दिया जाएगा नगर विकास विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं इस योजना का लाभ अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट र्वेडरों को भी मिलेगा इसके अलावा इस साल चौबीस मार्च तक स्ट्रीट वेंडर का काम करने वालों को ही इस योजना के तहत लोन दिया जाएगा लातेहार जिले में मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजदरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है

खेल मंत्रालय ने अपने कार्यक्रम फिट इंडिया के लिए स्कल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ हाथ मिलाया है इसके जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत देश के दस स्वदेशी खेलों को बढावा देने के लिए विशेष फिल्म श्रंखला बनायी जाएगी

वे वर्ष दो हजार तीन चार में यहां के राज्यपाल थे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा

अस्पताल में उसका इलाज कराने के बाद पुलिस ने उससे हथियार के संबंध में पुछताछ की

हालांकि इस दौरान सभी तस्कर फरार हो गए

जो दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा नहीं देंगे उनके परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के तहत घोषित किए जाएंगे